नई दिल्ली में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में राजस्थान उत्तरप्रदेश हरियाणा उत्तराखंडहिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए श्री गडकरी ने बताया कि उत्तराखंड के ऊपरी यमूना बेसिन क्षेत्र में प्रस्तावित चार हजार करोड़ रूपए की लागत वाली लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के पूरा होने से राजस्थान दिल्ली हरियाणा और उत्तरप्रदेश में यमुना तट पर बसे शहरों में जल संकट दूर हो जाएगा मुख्यमंत्री वसुंधरा रार्ज ने प्रस्तावित लखवाड़ बहुदेश्यीय अंतरराज्यीय परियोजना का स्वागत करते हुए कहा कि इससे राजस्थान को गर्भियों के मौसम में भी पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि अपर यमुना क्षेत्र में बांध बनने से बाढ पर भी नियंत्रण हो सकेगा

श्री गोयल आज नई दिल्ली में स्मार्ट रेल्वेज कनक्लेव में बोल रहे थे उन्होंने बताया कि इस समय देश के सात सौ से अधिक स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जा रही है श्री गोयल ने कहा कि एक ओर सरकार फाइबर ऑप्टिक्स की सुविधा देश के दूरदराज के इलाकों तक पहुंचा रही है तो दूसरी ओर रेलवे अपने पूरे नैटवर्क के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने आज जयपूर में बताया कि राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में मतददाताओं की संख्या में खासा इजाफा हुआ है लिहाजा बीएलओ से लेकर जिला कर्लेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षित किया जाएगा

रैली को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि जनता ने राज्य में भाजपा को व्यापक समर्थन दिया लेकिन सरकार जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतरी

हमारे जालौर संवाददाता ने बताया कि जिले के किसान बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्मति से अपने खेतों में बढ़ती पैदावार ले रहे हैं